सार्वजनिक बसों के परिचालन पर रहेगी रोक

प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बीस हजार के पार

बागमती नदी सीतामढ़ी के कटौंझा में लाल निशान से तीन मीटर ऊपर राज्य में कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुये कल से इकतीस जुलाई तक एक बार फिर लॉकडाउन रहेगा सोलह दिनों की इस पूर्णबंदी के दौरान सभी सरकारी कार्यालय निजी कार्यालय प्रतिष्ठान शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे वहीं सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के आयोजन पर भी रोक रहेगी लॉकडाउन के प्रावधानों में कहा गया है कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य सेवाएं बंद रहेंगी सार्वजनिक बस सेवाओं का परिचालन भी इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगा इस दौरान अस्पताल दूरसंचार सेवा बैंकिंग और एटीएम सेवाएं नगर निकाय से जुड़ी सेवाएं विद्युत विभाग पोस्ट ऑफिस समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालयों में कुल कर्मचारियों की क्षमता के तैंतीस प्रतिशत को ही कार्यस्थल पर आने की अनुमति दी गयी है डेयरी किराना दुकानें फल सब्जियों की दुकानें दवा दुकानें पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस एजेंसी को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया समेत अन्य आवश्यक और आपात सेवाएं चालू रहेंगी केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप रेलवे और हवाई सेवा पर रोक नहीं लगायी गयी है टैक्सी और ऑटो रिक्शा का परिचालन जारी रहेगा जबकि लोग अपने निजी वाहन से अति आवश्यक काम होने की स्थिति में ही बाहर निकल सकते हैं एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिये ई पास लेना आवश्यक होगा लॉकडाउन में सामानों के परिवहन पर रोक नहीं रहेगी ई कॉमर्स और निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं भी जारी रहेंगी ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट दी गयी है लॉकडाउन में आतिथ्य सेवा से जुड़े होटल और लॉज जैसे प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है वहीं रेस्टोरेंट भोजनालय और ढाबे से होम डिलिवरी की सुविधा मिलती रहेगी निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गयी है खेती बाड़ी से संबंधित कार्य और खाद बीज की दुकान के अलावा पशु आहार से जुड़े दुकान भी खुले रहेंगे गैराज मोबाईल मरम्मत और अन्य संबंधित दुकानों को खोलने के लिये प्रशासन से अनुमति लेनी होगी इधर पश्चिम चम्पारण के सभी निकाय और प्रखंड मुख्यालय क्षेत्रों में आज से लॉकडाउन की शुरूआत हो गयी है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बीस हजार के आंकड़े को पार गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार तीन सौ बीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर बीस हजार एक सौ तिहत्तर हो गयी है आज सबसे अधिक दो सौ बयालीस मामले पटना से सामने आये हैं भागलपूर से एक सौ पच्चीस पश्चिम चंपारण से तिरानवे सीवान से नब्बे और खगड़िया से अस्सी मामलों की प्रष्टि हुयी है बेगूसराय से पचहत्तर मुजफ्फरपुर से उनसठ नवादा से बावन गया से तैंतालीस नालंदा और रोहतास सैंतीस सैंतीस समस्तीपुर से चौंतीस और कटिहार तथा मुंगेर से बत्तीस बत्तीस मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसी तरह कैमूर और वैशाली से पच्चीस पच्चीस पूर्णिया से चौबीस गोपालगंज से तेईस पूर्वी चंपारण से इक्कीस अररिया तथा बक्सर से सत्रह सत्रह भोजपुर से चौदह सहरसा और शेखपुरा से तेरह तेरह तथा किशनगंज से बारह मामलों की पुष्टि हुयी है औरंगाबाद और लखीसराय से दस दस अरवल बांका दरभंगा और शिवहर से नौ नौ सूपौल से आठ जहानाबाद से पांच जमुई सारण और सीतामढ़ी से चार चार मधेपुरा से तीन और मधुबनी से एक मामले सामने आये हैं इधर प्रदेश में कोविड उन्नीस से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ चौहत्तर हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान चौदह लोगों की मृत्यु हुयी है वहीं अब तक तेरह हजार पांच सौ तैंतीस रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है स्वस्थ होने की दर सड़सठ प्रतिशत से अधिक है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कोविड उन्नीस संक्रमित पाये गये हैं उनकी पत्नी और मां तथा परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी पॉजिटिव पाये गये हैं गौरतलब है कि भाजपा के चौबीस नेता पूर्व में ही संक्रमित पाये गये थे इधर राजभवन के बीस सुरक्षाकर्मियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है वहीं पटना प्रलिस मुख्यालय में तैनात एक आईजी स्तर के अधिकारी सीआईडी के एक डीआईजी और पटना पूर्वी तथा पश्चिमी के सिटी एसपी भी संक्रमित हुये हैं पटना पुलिस के लगभग साठ पदाधिकारी और जवान कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं शेखपुरा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा के एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद बैंक को बंद कर दिया गया है

देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस संक्रमण के रिकॉर्ड उनतीस हजार चार सौ उनतीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर नौ लाख छत्तीस हजार एक सौ इक्यासी हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने की दर तिरसठ दशमलव दो चार प्रतिशत है अब तक पांच लाख बानवे हजार पांच सौ बहत्तर मरीज कोविड उन्नीस से स्वस्थ हए हैं एक दिन में पांच सौ बयासी लोगों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर चौबीस हजार तीन सौ नौ हो गयी है आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भरतिया चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमर चन्द बजाज ने साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया

जहां जरूरत न हो उस समय घर से बिल्कुल बाहर न निकलें कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना औरजब निकलना भी पड़े घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खड़े रहें नहीं तो कम से कम एक मीटरदूर खड़े रहें नालंदा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच सिलाव प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तीन चिकित्सकों डॉ नुजर कुमार डॉ साकिब सिद्दीकी और डॉ कृपांशु चंद्र ने एक साथ इस्तीफा सौंपा है इनमें से दो चिकित्सकों का इस्तीफा सिविल सर्जन राम सिंह ने स्वीकृत कर लिया है जबकि एक अन्य का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है तीनों चिकित्सकों ने अपने इस्तीफा पत्र में निजी और पारिवारिक कारणों का उल्लेख किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस ने रोजगार की प्रकृति और कार्य संस्कृति में परिवर्तन कर दिया है विश्व युवा कौशल दिवस पर एक कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुये श्री मोदी ने नई परिस्थितियों के अनुरूप काम करने के तौर तरीकों में बदलाव पर जोर दिया श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से मास्क पहनने सु्रक्षित दूरी बनाए रखने और सु्रक्षित रहने का आग्रह किया साउंड बाईट कोरोना के इस संकट में वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदलकर के रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टैक्नॉलोजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है नये वर्क कल्चर और नये नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए हमारे युवा नयी नयी स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं से कहा कि स्किल यानि कुशल होना री स्किल यानि नए कौशल सीखना और अप स्किल यानि कौशल में सुधार बदलती परिस्थितियों की मांग है

स्किल का अर्थ है आप कोई नया हनर सीखें जैसे की आपने लकड़ी के टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा यह आपका हुनर हुआ आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बड़ा दी

लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नयी डिजाइन नयी स्टाइल और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रि स्किल और हमारी जो रिकल है उसका और विस्तार करना जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजे सीखते जाएं पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए तो वो हो गया अप स्किल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई ने दसवीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है कुल इक्यानवे दशमलव चार छह प्रतिशत छात्र छात्राओं को सफलता मिली है इस साल तिरानवे दशमलव तीन एक प्रतिशत छात्राओं को सफलता मिली है जबकि नब्बे दशमलव एक चार प्रतिशत छात्र सफल हुये हैं पटना प्रक्षेत्र से कुल नब्बे दशमलव छह नौ प्रतिशत विद्यार्थियों को सफलता मिली है प्रदेश में मानसून की सक्रियता अब सामान्य हो गयी है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रविंद्र कुमार ने बताया कि राज्य में जुलाई महीने में सामान्य से अड़तालीस प्रतिशत अधिक बारिश हुई है

वहीं कैमूर पूर्णिया नवादा मुजफ्फरपुर सुपौल सिवान कटिहार गया और सहरसा जिले में कई स्थानों पर बीस मिलीमीटर से चालीस मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गयी है प्रदेश में गंगा गंडक बूढ़ी गंडक और कोसी को छोड़कर ज्यादातर नदियों के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना मुंगेर और भागलपुर में विभिन्न घाटों पर तेजी से बढ़ा है गंडक नदी का जलस्तर पूर्वी चंपारण गोपालगंज मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले में तेजी से बढ़ रहा है नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में अब भी खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर है वहीं कमला बलान नदी मध्रबनी जिले के झंझारपूर में लाल निशान से डेढ़ मीटर ऊपर है दरभंगा और मध्रबनी जिले से होकर बहने वाली अधिकांश नदियां खतरे के निशान के आस पास बह रही हैं सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन रून्नीसैदपुर के कटौंझा में यह लाल निशान से लगभग तीन मीटर ऊपर बनी हुयी है हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिम चंपारण जिले में कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जिले के पिपरासी प्रखंड के सेमरा लेबदाहा में गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सुरक्षा बांध टूट गया है जिससे कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वाल्मीकिनगर गंडक बराज से कल तीन लाख तीस हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद प्रभावित इलाकों में स्थिति और गंभीर हो गयी है इधर गोपालगंज जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई तटबंधों पर दबाव बढ़ा है बरौली के सिकटिया में रिंग बांध से रिसाव हो रहा है वहीं बैकुंठपुर प्रखंड में कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इधर गंडक के तेज कटाव के कारण बैकुंठपुर में गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिलों को जोड़ने वाला नव निर्मित सत्तर घाट पुल का एप्रोच रोड बह गया है इससे पुल पर आवाजाही ठप्प हो गयी है इधर बचाव और राहत कार्य के लिये जिले में एनडीआरएफ की टीम पहुंच गयी है इधर सुपौल में कोसी की सहायक नदियों तिलयुगा बिहुल खाडो और बलान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कुनौली में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है तिलयुगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्मली से जरौली जाने वाली सड़क पर दो से तीन फुट पानी का बहाव हो गया है वहीं सहरसा जिले के नवहट्टा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है तटबंधों पर सुरक्षात्मक कार्य जारी है राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद का आज खगड़िया जिले के गोगरी स्थित गंगा घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी अलोक रंजन घोष विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और राजद विधायक चंदन राम समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के खतुआहा गांव के पास अपराधियों ने बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के तीन संचालकों से साढ़े आठ लाख रूपये से अधिक लूट लिये और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कल से सोलह दिनों का लॉकडाउन

सार्वजनिक बसों के परिचालन पर रहेगी रोक

प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बीस हजार के पार

बागमती नदी सीतामढ़ी के कटौंझा में लाल निशान से तीन मीटर ऊपर